प्रधानमंत्री ने लैंडर विक्रम का धरती से सम्पर्क ट्टने के कृष्ठ घंटे बाद बेंगलुरु में इसरो केन्द्र में राष्ट्र को संबेधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि बाधाओं से उबरकर लगन के साथ काम करना भारत के आदर्शो में शामिल है उन्होंने कहा कि देश के गौरवशाली इतिहास में निराश करने वाले क्षण आए हैं लेकिन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश कठिन परिस्थितियों से उबरा है और अद्भुत कार्य किये हैं हमें पीछे मुड़कर निराश नहीं होना है हमें सबक लेना है सीखना है आगे ही बढ़ते जाना है और लस्य की प्राप्ति तक रूकना नहीं है हम निश्चित रूप से सफल होंगे हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आनदित होने के अनेक अवसर आएंगे उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की जब बात आती है तब हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभी होना है प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम की तहे दिल से सराहना की

देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ फिर तो यह बहुत सारी हमें चीजें देता रहेगा

तो ये मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश की इससे पहले कल आधी रात को चन्द्रयान दो के लैंडर के विक्रम का चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रव पर उतरने से कुछ मिनट पहले ही धरती से सम्पर्क दूट गया था बेंगलूरू में इसरो के नियंत्रण केन्द्र ने बताया है कि लैंडर विक्रम के उतरने की प्रक्रिया निर्धारित दो दशमलव एक किलोमीटर की दूरी रह जाने तक सामान्य थी इसके बाद उसका धरती से सम्पर्क टूट गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस प्रक्रिया को देखने के लिए इसरो के नियंत्रण केन्द्र में मौजूद थे इसरो के मिशन नियंत्रण केन्द्र की विज्ञप्ति में बाद में बताया गया कि लैंडर का भूकेन्द्र से सम्पर्क टूटने के कारणों का पता लगाने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई और उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसरो वैज्ञानिकों की पूरी टीम को उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए बधाई दी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश को इसरो पर गर्व है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश कड़ी मेहनत करने वाले इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरा देश इसरो की टीम के साथ है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने पहले भी शानदार उपलब्धिया हासिल की हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि हमें भारतीय वैज्ञानिकों उनके परिश्रम उनके मेघा और विजन पर गर्व है आप सभी निरन्तर हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं पूरा देश आप सभी के साथ खड़ा है एक ट्वीट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस अभियान से अनेक महत्वाकांवी अभियानों की नींव रखी गई है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कश्मीर में आतंक का पर्याय बन चुकी धारा तीन सौ सत्तर को समाप्त करने का कार्य किया जिससे आने वाले महीनों में देश से आतंकवाद समाप्त हो जायेगा मुख्यमंत्री आज प्रतापगढ़ जिले में करीब दो अरब रूपये की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश के हर जिले को चार एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस दी गयी हैं जिससे अभी तक दो लाख लोगों की जान बचायी जा चुकी हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग को पूरा किया है जिसमें अगले साल से पढ़ाई की शुरुआत भी हो जाएगी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगायी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया

आर्थिक मामलों के सचिव के नेतृत्व में यह कार्यबल चालू वित्त वर्ष में शुरू की जा सकने वाली तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करेगा इसके अलावा कार्यबल वार्षिक अक्संरचना निवेश लागतों का अनुमान लगाने तथा वित्त पोषण के उपयुक्त स्रोतों की पहचान करने में मंत्रालयों का मार्गदर्शन करेगा